इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विद्यालयों के लिये आवश्यक दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं सभी विद्यालय दो पालियों में चलेंगे और अधिकतम पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को ही बुलाया जायेगा

छात्रों को स्कूल आने के लिए अपने माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी किसी को भी स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा

स्कूल खुलने से पहले और प्रत्येक पाली के बाद स्कूल और कक्षाओं को विसंक्रमित करना जरूरी होगा

छात्रों को स्कूल लाने ले जाने वाली बसों तथा अन्य वाहनों को बेहतर ढंग से विसंक्रमित करने की व्यवस्था जरूरी रहेगी एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ बरेली बलिया बलरामपुर शामली अमरोहा कौशाम्बी सहित अन्य जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने आज विद्यालयों में कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों को सैनिटाइज कराया गया है

इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है

बलिया जनपद के दुर्जनपुर हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को एसटीएफ ने आज लखनऊ से गिरफ्तार किया है डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चन्द्र दुबे ने बताया कि इस घटना में अब तक दस आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है उन्होंने बताया कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि हत्या में शामिल आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जाये उन्होंने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई की जायगी

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने किसानों से खेतों में पराली न जलाने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि किसान डीकम्पोजर का इस्तेमाल कर पराली को समाप्त कर सकते हैं जिससे मिट्टी में कार्बन की मात्रा में वृद्धि होगी श्री शाही ने कहा कि पराली जलाये जाने से मिट्टी में उपलब्ध लाभदायक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इससे तापमान में भी बढ़ोत्तरी होती है उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेषों पराली को जलाया जाना अपराध माना गया है

इस गोष्ठी के माध्यम से समूह के लिये कार्यरत महिलाओं को चुनौतियों को अवसर में बदलने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया इसके माध्यम से इस बात पर चर्चा हुई कि कोरोना संक्रमण के दौरान स्वयं सहायता समूहों ने मास्क आदि बनाकर जहां एक ओर संक्रमण के फैलाव को रोकने में सहायता दी वहीं दूसरी ओर इससे महिलाओं को आजीविका भी मिली इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास कार्यो में जहां एक तरफ जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर इससे महिला आजीविका को भी बढ़ाया जा सकता है इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल मुख्य अतिथि के रूप में रहे बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री पाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को बल मिल रहा है बाइट भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जो एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करना चाहते है आज उसी दिशा में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को गठित किया गया है और चुनौतियों को अवसर में कैसे बदला जाये

शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज भक्तों ने माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अचना की मेरठ के प्रसिद्ध नवचंडी काली मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों में भक्तों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूजन और दर्शन किया भक्तों ने कोरोना के खात्मे और परिवार के लिये सुख समृद्धि की कामना की बलरामपुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन तुलसीपुर में श्रद्वालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतारों में लग कर दर्शन किया इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर श्रद्वालुओं का कल से लगातार आना जारी है सुरक्षा के मद्देनजर यहां विशेष इंतजाम किये गये हैं अयोध्या में सरयू तट पर स्थित लक्ष्मण किला परिसर में कल से नौ दिवसीय वर्चुअल रामलीला शुरू हो गई है प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने इसका उद्घाटन किया गणेश वंदना के साथ शुरू हुई इस रामलीला का लोगों ने अपन घरों में बैठकर टीवी के माध्यम से आनन्द लिया पच्चीस अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला मंचन का सीधा प्रसारण डीडी नेशनल पर प्रतिदिन शाम सात बजे से रात दस बजे तक होगा कोरोना संक्रमण को देखते हुए रामलीला में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं दी गई है इस रामलीला में बालीवुड के मशहूर कलाकार भाग ले रहे हैं लखनऊ स्थित ऐशबाग की प्रसिद्ध रामलीला भी कल से शुरू हो गई है कोविड प्रोटोकाल के तहत रामलीला का मंचन किया गया इसका सोशल मीडिया पर ऑन लाइन प्रसारण किया जा रहा है